प्रश्नकाल के दौरान आज विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के एक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी

उन्होंने बताया कि ऊर्जा क्षेत्र मंदी के दौर से गुजर रहा है और सरकार इस सेक्टर को पटरी पर लाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है

सुभाष ठाकुर ने बिलासपुर में एक युवक की आत्महत्या का मामला उठाते हुए मुख्यमंत्री से इसकी जांच की मांग की कांग्रेस के जगत सिंह नेगी ने कहा कि लाकडाउन के दौरान राज्य में अघोषित आपातकाल लगा था उन्होंने कहा कि कोविड काल में सफलता से निपटने का कोई काम मौजूदा सरकार ने नहीं किया नेगी की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि जिन शब्दों का इस्तेमाल सदस्य ने किया वह सहन नहीं हो सकता

जब भी जो चाहे उछलकर बोलने उठ जाते हैं इस पर विपक्षी सदस्य नाराज हो गए और सदन में नारेबाजी करने लगे मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में लाकडाउन की घोषणा एक्ट के मुताबिक हुई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यह घोषणा हुई थी और पूरे देश में एक समान ही लगा उन्होंने कहा कि लाकडाउन का पूरा पालन किया गया और उसके मुताबिक अफसरों के साथ तकनीक का इस्तेमाल करते हुए काम किया इस बीच विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपना विषय रखते समय शब्दों का सही चयन करें उन्होंने कहा कि शब्दावली के माध्यम से सदन का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए विपिन परमार प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन विधायक रीता धीमान के कोरोना पाजिटिव आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सभी सदस्यों से दो ट्रक कहा कि यदि उनमें कोरोना के लक्षण हैं तो वे तुरंत खुद को होम आइसोलेट कर दें और सदन में न आएं विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन में उन्होंने सदस्यों तथा मंत्रियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना लक्षण की शंका होने पर यदि वह आवश्यक समझें तो स्वयं फैसला लेकर कोरोना टेस्ट करवाने की पहल करें परमार ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन में प्रवेश से पूर्व अपनी थर्मल स्क्रीनिंग अवश्य करवायें ताकि सभी सुरक्षित रह सकें साक्षरता दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है हर वर्ष आठ सितम्बर को मनाया जाने वाला यह दिवस व्यक्तियों समुदायों और समाज सभी के लिए साक्षरता के महत्व को दर्शाता है

इस दौरान जीवनभर सीखने के दृष्टिकोण पर विशेष बल दिया जा रहा है केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नागरिकों से अपील की है कि वह अपने आस पास रहने वाले किसी एक निरक्षर व्यक्ति को पढ़ना और लिखना सिखाए